राज्यों के बीच सुशासन की स्पर्धा को बढ़ाने के उद्देश्य से नीति आयोग ने नवाचार सूचकांक जारी की

मुख्यमंत्री ने कल इन्दौर में मैग्नीफिसेंट मध्यप्रदेश की पूर्व संध्या पर ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर में उद्योगपतियों से वन टू वन मुलाकात के दौरान ये बात कहीं

इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री ने इस दो दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन सीआईआई द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया सम्मेलन में देशभर के जानेमाने उद्योगपति भाग ले रहे हैं यह सम्मेलन प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है

नीति आयोग राज्यों के बीच सुशासन की स्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में पहली बार भारत नवाचार सूचकांक सूची जारी की इसमें कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है तमिलनाड् दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर हैं इसके बाद तेलंगाना हरियाणा केरल उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल गुजरात और आंध्र प्रदेश का स्थान है

पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम और केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर हैं मोदी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार एकीकृत और सशक्त भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल कर तीव्र गति से विकास कर रही है वे कल महाराष्ट्र के सातारा में एक चुनावी सभा में बोल रहे थे जहां राज्य विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा का उप चुनाव भी हो रहा है

वहीं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल शाम पुणे में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आरोप लगाया है कि देश की अर्थव्यवस्था कठिन मंदी के दौर में है मुम्बई क्षेत्रीय कांग्रेस कमिटी द्वारा कल मुम्बई में भारतीय अर्थव्यवस्था के मौजूदा परिद्रष्य पर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सिंह ने केन्द्र सरकार से इसका कोई भरोसेमंद समाधान खोजने को भी कहा है

वहीं कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने महाराष्ट्र में पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के समर्थन में मराठवाड़ा क्षेत्र में नांदेड़ जिले के भोकर में जनसभा को संबोधित किया

जबकि मार्च तक एक लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव आने की संभावना है कल इन्दौर में पत्रकार वार्ता में मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने पत्रकार वार्ता में बताया कि निवेशको ने इसके लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर दिये हैं और संबंधित विभागों से इस संबंध में अनापत्तियां भी जारी कर दी गई है

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने निवेशकों की सहायता के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है जो निवेश प्रस्तावों को देख रहा है जांच ग्वालियर जिले के डबरा क्षेत्र के समुदन गॉव के एक सहकारी भवन में दर्जन भर से ज्यादा गायों के मौत के मामले की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच के आदेश दे दिये हैं इस घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री श्री नाथ ने ट्वीट के बताया कि उनकी सरकार गौ संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है वहीं पश्पालन मंत्री लाखन सिंह ने इस पूरे मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने की बात कहीं है

झाबुआ उपचुनाच प्रदेश के झाबुआ में विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में मतदाताओं को मतदान के दौरान अपना फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरूण कमार तोमर ने कल भोपाल में बताया कि जिन मतदाताओं के पास फोटो परिचय पहचान पत्र नहीं होगा वे वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे वैकल्पिक दस्तावेजों में पासपोर्ट ड्राइविंग लायसेंस फोटो परिचय पत्र और बैंकों तथा डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे इसके अलावा मतदाता पेनकार्ड मनरेगा जाबकार्ड और स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड को दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सुझाव दिया है

उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को पर्यावरण आर्थिक विकास के क्षेत्र में अनुसंधान और खोज को बढ़ावा देना चाहिए उन्होंने कहा कि नये शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालयों की गतिविधियों की समीक्षा का आधार उन्हें मिले निर्णयों का अनुपालन होगा

इसकी स्थापना में अलग से निवेश नहीं करना होगा मध्यप्रदेश इस तरह का पहल करने वाला देश का पहला राज्य है

सभी संभागों के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं हई

इसके आज भी सामान्य बने रहने की संभावना है राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों के तापमान में कोई खास गिरावट नहीं दर्ज की गई हॉकी मलेशिया में चल रही सुलतान जोहोर कप जूनियर हॉकी प्रतियोगिता में भारत आज अपने अंतिम राउंड रोबिन मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन से खेलेगा बुधवार को खेले गए अंतिम मैच में भारत ने आस्ट्रेलिया को पांच एक से हरा कर टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया अन्य लीग मैचों में मेज़बान मलेशिया का मुकाबला जापान से जबकि आस्ट्रेलिया का मैच न्यूज़ीलैंड से होगा फाइनल मैच कल खेला जाएगा